मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है लेकिन लोगों को अधिक संचेत और सतर्क रहने होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के अथक और सामूहिक प्रयासों की परिचायक है उन्होंने कहा कि किस प्रकार देशवासियों ने गंभीर च्नौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से यह द्वनिया के अन्य भागों में फैला

महामारी के कारण लोगों के कष्टों और समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है उन्होंने मजदूरों के लिए हर जिले में भोजन और क्वारंटीन की व्यवस्था कर रहे लोगों की भी प्रशंसा की

श्री मोदी ने कहा देश के कई भागों में टिड्डी दलों का प्रकोप फैला हुआ है उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारें कृषि विभाग और प्रशासन सभी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि फसलों को इसके प्रकोप से बचाया जाए

पूर्णबंदी का चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में कल से प्र्णबंदी खोलने का पहला चरण शुरु होगा

सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौरभोपाल और उज्जैन में हैं सागर जिला अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर समेत आठ नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं

रतलाम शहर में तीन नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं